कोरोना वायरस चीन के कोरोना वायरस को लेकर मध्यप्रदेश का स्वास्थ्य महकमा सतर्क है सरकार का कहना है कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है बस सावधान रहने की जरूरत है प्रदेश में चीन से लौटने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिये इन छात्रों की वापसी पर खुशी जाहिर की राज्य में अब तक इस बीमारी से ग्रसित एक भी मरीज नहीं मिला है वहीं चीन के वुहान से दो उडानों के जरिये लगभग साढे छह सौ भारतीय देश वापस आ गये है चीन में कोरोना वायरस से तीन सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है घडियाल टाइगर स्टेट के बाद अब प्रदेश घडियाल स्टेट भी बन गया है विलुप्त हो रहे घडियाल के संरक्षण व संवर्धन हेतु बनाये गये चंबल घडियाल अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा घडियाल है गौरतलब है कि प्रदेश में पांच सौ ज्यादा टाइगर है और कर्नाटक को पीछे छोडते हुए प्रदेश ने हाल ही में टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल किया है हमारे मुरैना संवाददाता के अनुसार वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट आफ इंडिया व्दारा गोपनीय रूप से कराये गये गणना सर्वे में चंबल नदी में विश्व के सर्वाधिक घडियाल पाये गये हैं

तब से इस अभ्यारण्य में घडियालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है प्रवासी पक्षी मौसम में आए बदलाव का असर सीहोर जिले में शीत ऋतु में आने वाले प्रवासी पक्षियों पर भी नजर आ रहा है इस साल बीते दस सालों में सबसे कम प्रवासी पक्षियों का आना हुआ है

आयुष्मान भारत शिवपुरी जिले में आयुष्मान भारत निरामयम योजना अंतर्गत जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिला चिकित्सालय में लगाए गए इस शिविर का शुभारंभ प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर ने किया

उधर राज्य शासन ने पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर और संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को प्रदेश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लता मंगेश्कर सम्मान से अलंकृत करने का निर्णय लिया है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

वित्त मंत्री ने आम बजट में किसान रेल शुरू करने का प्रस्ताव किया था रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि रेलवे किसान रेल का देश भर में विस्तार करने की भी योजना बना रहा है श्री यादव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रेलवे को देश की अर्थव्यवस्था का विकास ईंजन बनाना है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने निवेश बढ़ाया है और अगले पांच वर्ष में रेलवे के नेटवर्क का आध्निकीकरण करेगी मुगल उद्यान राष्ट्रपति भवन का मुगल उद्यान बुधवार से आम जनता के लिए खोल दिया जायेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार को वार्षिक उद्यान उत्सव में इसका उद्घाटन करेंगे

राजभवन में आयोजित इस समारोह की राज्यपाल लालजी टंडन अध्यक्षता करेंगे इस मौके पर एनसीसी के कैडेट द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी